इस दौरान पटना स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी के सदस्यों से करेंगे बातचीत

प्रदेश के हाई स्कूलों में रखे जायेंगे दस हजार अतिथि शिक्षक

देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज शुभारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक पखवाड़े के इस अभियान की शुरुआत करेंगे दो अक्तूबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रपिता के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए लोगों को प्रेरित करना और जन आंदोलन को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री श्री मोदी गुरू गोविंद सिंह महाराज की जन्म स्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के जत्थेदार और संगत समेत देश के अठारह स्थानों के समाज के सभी वर्गों के लोगों से बातचीत भी करेंगे इनमें स्कूली बच्चे सैनिक आध्यात्मिक नेता दुग्ध और कृषि सहकारिता संघों के सदस्य मीडिया कर्मी स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि रेलवे कर्मचारी स्व सहायता समूह और स्वच्छाग्रही शामिल होंगे इससे पहले ट्विटर पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का सही माध्यम बताया श्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत के लिए प्रयासों को मजबूत करने का आहवान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में केंद्र सरकार ने रुपये के गिरते मूल्य के बीच बढ़ रहे चालू खाता घाटे सीएडी पर काबू पाने के कई उपायों की घोषणा की है इन उपायों में इस वर्ष मार्च तक जारी किए गए रुपये की मुद्रा के बॉन्ड पर कर समाप्त करना विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के लिए छूट और अनावश्यक आयात पर रोक लगाना शामिल हैं इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने श्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अवगत कराया वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा की गयी और उनपर अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जा सकता है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जन धन खाताधारकों को मिलने वाले पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट को बढ़ाकर दस हजार रूपये कर दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि अब जन धन खाताधारक दो हजार रूपये का कर्ज बिना शर्त ले सकते हैं उन्होंने कहा कि जन धन खाताधारकों को बिना प्रीमियम का भ्रगतान किये एक लाख की जगह दो लाख रूपये के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा प्रदेश के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये दस हजार अतिथि शिक्षक रखे जायेंगे इन शिक्षकों को जिला स्तर पर सूचीबद्ध कर संबंधित स्कूलों को उपलब्ध कराया जायेगा अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह अधिकतम पच्चीस हजार रूपये का मानदेय दिया जायेगा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि नियमित बहाली होने तक अतिथि शिक्षकों से शिक्षकों की कमी दूर की जायेगी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि सभी थानों के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किये जायेंगे उन्होंने पटना विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिये जिला और थाना स्तर पर पुलिस को कई सुविधायें भी मुहैया करायी जायेगी थानों को कंप्यूटर सेट के साथ ऑपरेटर भी उपलब्ध कराये जायेंगे श्री कुमार ने कहा कि थानों में गैर पुलिसिंग कार्य के लिये संविदा के आधार पर थाना मैनेजर की बहाली की जायेगी राज्य सरकार ने उम्र कैद की सजा पूरी होने के बाद जेल में बंद चौंतीस कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है राज्य के पुलिस महानिरीक्षक कारा मिथलेश मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में विधि विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् ने इन कैदियों को रिहा करने की अनुशंसा की थी पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पहले ही आदेश दिया था पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से तीसवीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथेलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है प्रतियोगिता में दस राज्यों के छह सौ पचास एथेलिटिक्स भाग लेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के लिये चयनित बिहार क्रिकेट टीम गुजरात रवाना हो गयी प्लेट ग्रूप में उन्नीस सितंबर को नागालैंड के खिलाफ बिहार का पहला मुकाबला होगा बिहार टीम के कोच पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुब्रतो बनर्जी ने कहा है कि एलीट ग्रुप में शामिल होने के लिये टीम का एक मात्र लक्ष्य जीत ही है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में पटना के ज्ञान भवन में आज अटल काव्यांजलि का आयोजन किया जायेगा राज्यपाल लालजी टंडन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत बिहार भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे आयुष्मान भारत योजना के तहत बक्सर जिले के बक्सर शहर और नावानगर में वेलनेस सेंटर खोले जायेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सेंटर में मरीजों को कई प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि ओपीडी मरीजों का इलाज और टेलीमेडिसीन के माध्यम से परामर्श की सुविधा दी जायेगी श्री चौबे आज इन दोनों वेलनेस सेंटरों को उद्घाटन करेंगे बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकार के पद पर बहाली के लिये राज्यपाल की प्रधान सचिव विवेक कुमार की अध्यक्षता में सात सदस्यी चयन और सर्च कमिटी का गठन किया गया है दारोगा भर्ती अभ्यर्थियों की शरीरिक परीक्षा अठारह से तीस सितंबर के बीच ली जायेगी बिहार पूलिस अवर सेवा आयोग की ओर से दस हजार एक सौ इकसठ अभ्यर्थियों की शरीरिक जांच की तैयारी पूरी कर ली गयी है आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में आयोजित की जायेगी सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस और ई मेल के जरिये प्रवेश पत्र भेज दिये गये हैं पुलिस ने मुंगेर जिले के बरहत गांव में छापेमारी कर दो एके सैंतालीस बरामद किया है इसे जमीन के अंदर दवाकर रखा गया था पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है भागलपुर स्थित विक्रमशिला पुल पर अठाईस सितंबर से पंद्रह अक्टूबर तक गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जमलापुर में रेलवे कार्य के कारण रेलों का परिचालन बाधित होगा इसको देखते हुये अठाईस सितंबर से विक्रमशिला पुल पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगायी जायेगी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है इसके कारण तापमान में औसतन समान्य से तीन डिग्री की व्रद्धि दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा तेज धूप रहने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है इधर प्राप्त वर्षा के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में अब तक औसत से उन्नीस फीसदी कम बारिश हुयी है वहीं राजधानी में अठाईस फीसदी कम बारिश दर्ज की गयी है पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के भागलपुर स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति को करीब पच्चीस लाख रुपये नकद के साथ रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नालंदा जिले के हिलसा न्ययालय में पेशी के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने हरियाणा में स्कूली छात्रा के साथ हुये द्रष्कर्म की घटना को प्रमुखता से छापते हुये लिखा है हरियाणा में सीबीएसई टॉपर के साथ सामूहिक दुष्कर्म इसी अखबार ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक बनाया है दसवीं के बच्चो को पढ़ा रहे आठवीं के शिक्षक दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि गया में पूरे साल हो सफाई की बेहतर व्यवस्था इसी अखबार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जुड़ी खबर का शीर्षक बनया है दहेज उत्पीड़न में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक हटी प्रभात खबर ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक बनाया है अटका है गंगा में गाद का समाधान दैनिक भास्कर की सुर्खी है राज्य के एक हजार चौंसठ थानों में ठेके पर बहाल होंगे थाना मैनेजर

इस दौरान पटना स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी के सदस्यों से करेंगे बातचीत

प्रदेश के हाई स्कूलों में रखे जायेंगे दस हजार अतिथि शिक्षक